गौरतलब है कि पोषण को प्राथमिकता देने और क्पोषण को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में देश में महत्वकांक्षी पोषण अभियान चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर एक टवीट संदेश में कहा है कि कोविड महामारी के समय में स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक भोजन जरूरी है

इसके लिए नगर निगम कर्मचारियों ने आपसी सहयोग से राशि एकत्रित की है

यह राशि राज्यों को जीएसटी भरपाई के बदले ऋण के रूप में दी जाएगी

इसमें मर्नोरंजन या क्रिएटिव एजेंसियों कलाकारों और अन्य सहकर्मियों ग्रीन रूम के प्रबंधन मंच प्रबंधन वस्त्र और मेकअप ट्रायल तथा मंच और खुले क्षेत्र में बैठने की व्यवस्था सहित सभी स्थानों को सेनेटाइज करने के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट जोन में सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारे मौके का आकलन करने के बाद अतिरिक्त उपायों पर विचार कर सकती हैं

इसके तहत अलवर में महिला सुरक्षा पर जन जागरण रैली निकाली गई ब्रंदी में भी महिलाओं को सुरक्षा कानूनों के प्रति सजग करने के उददेश्य से कार्यकम आयोजित किया गया

आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं